केन्द्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना बना रही है केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री रामविलास पासवान ने ये जानकारी दी श्री पासवान कल नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा मुद्दे पर राज्यों के खाद्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राशनकार्डो के अंतरण से लाभार्थियों खासकर प्रवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश भर में आसानी से मिल सकेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश भर में फलों सब्जियों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए शीत भंडारों की श्रंखला की केंद्रीय योजना को लॉजिस्टिक्स नीति के प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए इससे किसानों के क्रषि उत्पादों के नुकसान में कमी लाने और उन्हें कम से कम समय में बाजार में पहंचाने में मदद मिलेगी पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के प्रारूप और लागू करने की कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षो में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है इधर प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति बनाने के लिये सरकार ने एक समिति गठित की है

आयुष मंत्री श्रीपद येस्सो नायक ने यह विधेयक सदन में पेश किया इसमें केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है

नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद समिति के अध्यक्ष होंगे कार्यकारी समूह की रिपोर्ट और सुझाव पर आगे की कार्रवाई की जाएगी सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा डेवलेपर्स तथा सौर ऊर्जा निगम और एन टी पी सी के बीच विवादों को हल करने के लिए एक समाधान समिति का भी गठन किया है ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने तीन सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है पंद्रहवीं विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है आज सदन के हंगामेदार रहने के आसार है विपक्षी पार्टी भाजपा सरकार को कर्जमाफी सहित अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है इससे पहले कल दिवंगत नेताओं शहीदों और जसोल द्खंतिका में मृतको को श्रद्दाजंलि दी गई

राज्य सरकार ने घ्रमन्तू जाति गाडिया लोहारों को स्थायी रूप से बसाकर समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए मकान बनाने और कच्चा माल खरीदने के लिये अनुदान योजना की शुरूआत की है

प्रदेश में आज भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा

समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे जबकि अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा करेंगे

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभालने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा

राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट समारोह में शामिल होंगे

प्रदेश में बुनकरों का डेटा बैंक तैयार किया जायेगा उद्योग विभाग के आयुक्त डा कृष्णकांत पाठक ने कहा कि राज्य में बुनकरों का डेटा बैंक बनाने के लिये अभियान चलाकर बुनकर कार्ड बनाए जाएंगे डा पाठक ने कल जयपुर के उद्योग भवन में बुनकर संघों से जुडी संस्थाओं की बैठक में ये बात कही

इसके साथ ही भारत का सेमीफाइनल का दावा और मजबूत हो गया है वेस्टइंडीज की इस विश्वकप में खेले गये सात मैचों में से ये पांचवी हार है

आज श्रीलंका का मैच दक्षिण अफ्रीका से है